पीएम स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण का श्भारंभ करेंगे ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरूआत इस वर्ष अप्रैल में की गई थी इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो में मकान मालिकों को मकान के अधिकार का रिकार्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है यह योजना चार वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से पूरे देश में लागू की जाएगी

श्री मोदी ने ट्वीट संदेश के जरिए कहा है कि स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में सकारात्मक बदलाव लाएगी उन्होंने कहा कि यह योजना करोड़ों भारतीयों का जीवन बदलने में मील का पत्थर साबित होगी कार्ड वितरित किए जाने के आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे

संपत्ति कार्ड अलग अलग राज्यों में संपत्ति कार्ड को अलग अलग नाम दिए गए हैं प्रदेश में इसे अधिकार अभिलेख के नाम से जाना जाएगा पहले चरण में राज्य के चवालीस गांव के ग्रामीण इससे लाभान्वित होंगे हरदा जिले के लाभार्थी इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जता रहे हैं

जन आंदोलन अपील कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

जहां भाजपा की ओर से केन्द्रीय मंत्रियों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यसभा सांसद ज्यातिरादित्य सिंधिया आज अशोकनगर जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत आज आगर मालवा में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे शिवपुरी में कल भाजपा की ओर से प्रभात झा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में अफवाह फैलाने का आरोप लगाया वहीं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता ने भाजपा पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया